प्रदेश मंत्रिमंडल प्रदेश में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर चल रही अटकलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि विभागों का बंटवारा कल किया जायेगा श्री चौहान ने भोपाल हवाईअड़डे पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए भगवान की कृपा के साथ साथ जनता की भी कृपा जरूरी है गौरतलब है कि विभागों के बंटवारे पर आलाकमान से चर्चा के लिए दिल्ली के दौरे से मुख्यमंत्री आज ही भोपाल लौटे हैं उधर पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज उज्जैन में कहा कि उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा ने सौदे से सरकार बनाई सौदे से मंत्रिमंडल बना और अब सौदे से ही विभागों का बंटवारा होगा किल कोरोना अभियान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में कोरोना नियंत्रण के लिए चलाई जा रही गतिविधियां की भी समीक्षा की समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस सप्ताह साढ़े तीन करोड़ लोगों का किल कोरोना अभियान के अंतर्गत सर्वे किया गया है

जिनका उपचार किया जा रहा है प्रदेश में किल कोरोना अभियान के अंतर्गत लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण का काम जारी है रायसेन और जबलपुर जिले में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर जांच कर रही है जबलपुर जिले में अब तक साढ़े सात लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है

टीकमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं

जिनमें एक पुलिस कर्मी भी शामिल है जिला प्रशासन द्वारा शहर के सार्वजानिक स्थानों को सैनेटाइज किया जा रहा है

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट संदेश में कहा कि मूल संदर्भ को बनाये रखते हुए पाठ्यक्रम को तर्क संगत बनाने का फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि देश दुनिया में जो असाधारण स्थिति है

जावडेकर बयान केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में बताया कि सरकार फिल्मों की शूटिंग के लिए दिशा निर्देश जल्द ही जारी करेगी सरकार अन्य क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र को भी राहत देने की तैयारी में है

किसान खेती की लागत को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर सस्ते और सुविधाजनक उपकरण बना रहे हैं जिससे उनका खेतीबाड़ी का काम आसान हो रहा है मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ गरौठ दलौदा भानपुरा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खरपतवार से लेकर अनाज ढोने तक का काम एक विशेष प्रकार के वाहन से कर रहे हैं

जबलप्र जिले में आज सुबह से ही बारिश हो रही है बारिश से तापमान से लगभग तीन डिग्री की कमी आई है होशंगाबाद जिले में भी आज रूक रूककर वर्षा हो रही है

गुना जिले में आज दिनभर बादल छाये रहे और कहीं कहीं हल्की बारिश हुई

मौसम केन्द्र के अनुसार भिंड सीधी नरसिंहपुर सिंगरौली रीवा में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा हो सकती है इन जिलों में क्छ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संमावना बताई गई है अन्य संभागों में गरज चमक के साथ बारिश होगी भोपाल में आज बादल छाये हुए हैं और देर रात हल्की बारिश की संभावना है

शहडोल जिले में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है